यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दस प्रतिशत है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज विशेष रूप से भूमि श्रम नकदी और कानून पर केन्द्रित होगा पैकेज से कुटीर उद्योग सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम श्रमिक मध्यम वर्ग और उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतें पूरी होंगी उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण अलग प्रकार का होगा जिसमें नये नियम लागू होंगे

उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के बावजूद केन्द्र सरकार राज्य की जरूरतों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है कैंटीन केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में अब सिर्फ देशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के करीब दस लाख पुलिस कर्मी इन कैंटीनों का लाभ उठाते हैं राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना योद्दाओं के रूप में डाक कर्मियों की सेवाओं की सराहना की है उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कर्मी मौजूदा दौर में अग्रणी रूप से सेवाएं देते हुए विशेषकर पैंशन वितरण का कार्य कर सकारात्मक संदेश दे रहे हैं प्रदेश डाक सेवा के निदेशक दिनेश कुमार मिस्त्री और सहायक पोस्ट मास्टर जनरल बिशन सिंह ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल से भेंट की उन्होंने राज्यपाल को डाक सेवाओं के माध्यम से लॉकडाउन अवधि के दौरान दी जा रही सेवाओं से अवगत करवाया

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में कोरोना संकमण के मामले बढ़ने पर चिंता जताई है पार्टी सचिवों के साथ आज शिमला में वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक में उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों बागवानों कारोबारियों और आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया

उपायुक्त संदीप कुमार ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का अभिवादन किया ऊना पहुंचने पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई जिसके बाद पथ परिवहन निगम की बसों के माध्यम से उन्हें उनके गंतव्यों के लिए भेज दिया गया है यात्रियों ने प्रदेश लौटने पर खुशी जताई और उनके लिए की गई व्यवस्था के लिए राज्य सरकार का आभार जताया प्रस्ताव लाहौल स्पीति के पंचायती राज संगठनों ने बाहरी कामगारों के प्रतिबंध के फैसले के प्रस्ताव को वापस ले लिया है राज्य सरकार के नए दिशा निर्देश जारी होने के बाद इन संगठनों ने आज ज़िला प्रशासन को नया प्रस्ताव सौंपा है जिसमें पूर्व में दिए गए प्रस्ताव को निरस्त करने की अपील की गई है ज़िला परिषद अध्यक्ष रमेश रोलवा और पंचायत प्रधान संघ के अध्यक्ष सत प्रकाश ने कहा कि अब कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़ कर अन्य ज़िलों से हिमाचली कामगार घाटी में आ सकेंगे

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार ये काउंसलर शिकायतकर्ता महिलाओं को परामर्श भी देंगे आयोग ने पीड़ित महिलाओं तक पहुंचने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए वॉट्सऐप हैल्पलाइन नम्बर नौ चार पांच नौ आठ आठ छः छः शून्य शून्य भी शुरू किया है